मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखे

श्री मोदी ने दोहराया कि कृषि मंत्री बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक फोन पर उपलब्ध हैं

यह बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई

प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि सदन में व्यापक बहस के लिये संसद का सुचारू कामकाज आवश्यक है उन्होंने कहा कि लगातार बाधाओं से छोटे दलों को नुकसान होता है और वे अपनी बात बेहतर तरीके से नहीं रख पाते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन के साथ ही बजट सत्र कल शुरू हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी चार और पांच फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण अभियान प्ररी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इसके बाद पांच फरवरी से फ्रंट लाइन कर्मियों को टीका लगाने का कार्य शुरू किया जायेगा

उन्होंने इससे संबंधित सभी तैयारियां समय से पूरी करते हुए अभियान को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया इस बीच कल देशभर में सबसे अधिक टीके उत्तर प्रदेश में लगाये गय

पांच फरवरी से ही अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को भी टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने का संकल्प ले उन्होंने बेटियों को आवश्यक रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बेटियां शिक्षित होंगी तो आवश्यकता पड़ने पर वह स्वंय किसी रोजगार और कार्य करके आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकती है उन्हें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर नहीं रहना पड़ेगा इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की दस महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की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

मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि यह दुर्घटना आज सुबह आठ बजे के आसपास उस समय हुई जब एक मिनी बस एक वाहन से आगे निकलने की कोशिश में टैंकर से जा टकराई

राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपए और घायलों को पचास पचास हजार रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है

इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्माा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

इस अवसर पर राजघाट पर सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक टवीट संदेश में कहा है कि बापू के आदर्श आज भी करोडों लोगों को प्रेरणा देते हैं

राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने राजभवन में महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धाजंलि अर्पित की

कार्यक्रम में उपस्थित राजभवन के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन धारण कर पूज्य गांधी जी को अपनी श्रद्वाजंलि दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जीपीओ पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित कर उनको नमन किया इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महात्मा गांधी की शिक्षाएं और आदर्श हमें रामराज्य की संकल्पना के निकट ले जाती है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में ओर प्रदेश में सरकार बनने के बाद देश के आर्थिक विकास के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का काफी सकारात्मक परिणाम हमारी अर्थ व्यवस्था में दिखने लगा है उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पर्यटन जैसे क्षेत्र में भारत की रैकिंग में अभूतपूर्व सुधार हुआ है वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के विसतार के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी हुई है आज श्री पाल अपने संसदीय क्षेत्र ड्रमरियागंज म एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

आकाशवाणी के लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपारेशन को इसकी प्रेरणा न्यूयॉर्क मेट्रो स मिली इन किरणों से एक डिब्बे को सिर्फ आधे घंटे के अंदर सेनीटाइज किया जा सकता है इस तरह से डिब्बों को सेनिटाइज करना काफी सस्ता भी है

देशभर में चलने वाला यह कार्यक्रम तीन दिन यानि दो फरवरी तक चलेगा